राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार से अधिक

पटना उच्च न्यायालय ने चौरानवे हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दी है न्यायालय ने चार सितम्बर तक राज्य सरकार से इस मामले में जबावी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है न्यायालय की एकलपीठ ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि इस बीच कोई भी नियोजन इकाई अंतिम चयन सूची जारी नहीं करेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के दूसरे चरण में पांच और महीने तक देश के अस्सी करोड लोगों के बीच परिवार के प्रत्येक सदस्य को पांच किलोग्राम गेहूं या चावल और प्रत्येक लाभार्थी परिवार को एक किलोग्राम चना मुफ्त दिया जाएगा केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वचुर्अल मीडिया ब्रीफिंग में इस योजना के दूसरे चरण का विवरण दिया और राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि देश में गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति भूखा नहीं रहे और वर्तमान कोविड उन्नीस महामारी के समय वर्षा और आगामी त्योहारों के मौसम के दौरान उन्हें मूफ्त राशन प्रदान किया जाएगा श्री पासवान ने कहा कि इस साल तीस नवंबर तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच कुल दो सौ लाख टन अनाज और नौ लाख अठहत्तर हजार टन चना वितरित किया जाएगा श्री पासवान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखे हैं और उनसे एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध किया है राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार दो सौ पांच हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ सत्रह नये संक्रमित पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो सौ सड़सठ मरीज ठीक हुए हैं राज्य में अब तक सात हजार आठ सौ ग्यारह कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं विभागीय सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि सबसे अधिक तेईस नये मामले पटना में सामने आये हैं इसके अलावा सिवान में उन्नीस मधुबनी में सोलह सुपौल में पन्द्रह पश्चिमी चंपारण में बारह भागलपुर और सहरसा में ग्यारह ग्यारह नालंदा और कटिहार में आठ आठ बेगूसराय और किशनगंज में सात सात जमुई तथा नवादा में छह छह कैमूर दरभंगा गया बांका और गोपालगंज में पांच पांच पूर्णिया मधेपुरा भोजपुर मुंगेर तथा रोहतास में चार चार पूर्वी चंपारण अररिया समस्तीपुर शेखपुरा तथा लखीसराय में तीन तीन मामलों की पुष्टि हुई है वहीं औरंगाबाद और सीतामढ़ी में दो दो जबकि मुजफ्फरपुर सारण शिवहर तथा खगड़िया में एक एक नये मामले सामने आये हैं राज्य में अब तक तिहत्तर लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चूकी है दो लाख अट्ठाईस हजार छह सौ नवासी सैंपलों की जांच की जा चुकी है इधर कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने पटना एम्स को भी कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया है कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग दस हजार नये आईसोलेशन बेड तैयार करायेगा स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चालीस हजार आईसोलेशन बेड बनाने का लक्ष्य पूरा हो चुका है विभाग ने इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और सिविल सर्जनों को खाली पड़े सरकारी भवनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है इधर पालीगंज शादी समारोह से जुड़े एक सौ ग्यारह संक्रमितों की जांच शुरू हो गयी है इस संबंध में करीब दो सौ लोगों से पूछताछ की जायेगी आकाशवाणी से बातचीत में विद्यासागर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में मनोविकार विशेषज्ञ डॉक्टर सोनाली बाला ने बताया कि कोविड के बारे में अप्रमाणिक स्रोतों से फैल रही गलत सूचनाओं ने लोगों में तरह तरह की चिंताए और गलतफहमियां पैदा कर दी है उन्होंने कहा कि लोगों को केवल प्रमाणिक सूचना के स्रोतों पर ही विश्वास करना चाहिए

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एम आर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने संयुक्त रूप से लिखे इस पत्र में कहा है कि जीवन बचाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रव्यापी अनलॉक के दूसरे चरण में आजीविका को संरक्षित करना चाहिए पूर्व मध्य रेल ने माल भाड़ा में छूट देने का निर्णय लिया है रेलवे बोर्ड के निर्देश पर लंबित दूरी के लिए सामानों के परिवहन पर बीस प्रतिशत और कम दूरी के लिए सामानों के परिवहन पर पचास प्रतिशत तक की छूटी दी जायेगी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह विशेष छूट एक जुलाई दो हजार बीस से तीन जून दो हजार इक्कीस के बीच बुक किये गये समानों पर भी मान्य होगी कर्मचारी राज्य जीवन बीमा निगम ने प्रवासी कामगारों के लिए राज्य के ईएसआईसी अस्पतालों में भी इलाज कराने की घोषणा की है निगम के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार ने बताया कि देश भर के अप्रवासी कामगार जो ईएसआईसी चिकित्सा के दायरे में आते हैं वे आपात स्थिति में अपने गृह नगर के नजदीक ही ईएसआईसी अस्पताल से चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं आत्मनिर्भर पैकेज के अन्तर्गत बासठ हजार आठ सौ सत्तर करोड़ क्रेडिट लिमिट के सत्तर लाख बत्तीस हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं इन कार्ड को तीस जून तक मंजूरी दी गई वित्त मंत्रालय की ओर से किये गये टवीट में बताया गया कि इससे ढाई करोड़ किसानों को लाभ होगा इनमें मछुआरे और दूध उत्पादक भी शामिल हैं नाबार्ड की तीस हजार करोड़ की विशेष लिक्विडिटी सुविधा के तहत लगभग चौबीस हजार पांच सौ सत्तासी करोड रुपए कॉपरेटिव बैंकों आरआरबी और एम एफ आई को बांटे गए इसका लाभ तीन करोड छोटे और सीमांत किसानों को फसल तैयार होने और खरीफ की बुवाई के बाद की जरूरतों को पूरा करने में होगा केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक भविष्य निधि ईपीएफ समेत डाकघर की छोटी बचत की ब्याज दरों में जुलाई सितम्बर तिमाही के लिए बदलाव नहीं करने का फैसला किया है इस फैसले से निवेशकों को ऊंची दरों का लाभ मिलता रहेगा चुनाव आयोग ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दागी अधिकारियों को चुनाव कार्य से हटाने का निर्देश दिया है आयोग ने कहा है कि वर्ष दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में अगर किसी अधिकारी की तैनाती आयोग के निर्देश पर की गयी थी तो उसे इस आदेश से अलग रखा जा सकता है राज्य के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जारी निर्देश में आयोग ने कहा है कि प्रदेश में चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों की उनके गृह जिलों में तैनाती नहीं की जायेगी इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में छह माह से कम समय बचा हो उन्हें चुनाव ड्यूटी नहीं दी जायेगी वहीं जिन कर्मचारियों का कार्यकाल एक ही स्थान पर तीन साल हो गया है उन्हें इकतीस अक्टूबर तक हटाने का निर्देश दिया गया है संघ लोक सेवा आयोग ने कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष होने वाली सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा केन्द्र में बदलाव की अनुमति दी है प्रत्याशी दो चरणों में सात से तेरह जुलाई और बीस से चौबीस जुलाई तक नये केन्द्र का चयन कर सकते हैं ये दोनों परीक्षाएं चार अक्टूबर को होंगी राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में श्रावणी मेला के आयोजन पर रोक लगा दी है सभी शिव मंदिर चार अगस्त तक बंद रहेंगे बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना का प्रसार रोकने के लिए श्रावणी मेला पर रोक लगायी गयी है उन्होंने श्रद्धालुओं से अपने अपने घरों में रहकर श्रावणी पूजा करने का आग्रह किया है इससे पहले सरकार ने श्रावणी मेला के संबंध में कुछ शर्तों के साथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी थी केन्द्र सरकार ने वस्तु और सेवाकर दाताओं को बडी छूट की घोषणा की है जीएसटीआर थ्री बी फार्म के लिए अधिकतम पांच सौ रूपये के विलम्ब शुल्क से राहत प्रदान की गई है यह छूट जुलाई दो हजार सत्रह से जुलाई दो हजार बीस तक लागू होगी यह छूट उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो इस वर्ष तीस सितम्बर से पहले रिटर्न भर देंगे हाल ही में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने पहली जुलाई से जीएसटीआर वन फार्म के शुन्य स्टेटमेंट की एसएमएस के जरिए रिटर्न फाइल करने की सुविधा कराने की घोषणा की थी इससे बीस लाख से अधिक पंजीकृत करदाताओं के लिए जीएसटी अनुपालन आसान होगा मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की और मध्यम बारिश के आसार है विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक एस के पटेल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आस पास के क्षेत्रों पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनने और भागलपुर से एक टर्फ लाइन गुजरने से बारिश की संभावना बनी हुई है वहीं बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वी हवाओं से पूर्वोत्तर के जिलों में भारी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने पटना गया सहित राज्य के चौदह जिलों में अगले अड़तालीस घंटों के लिए ग्रीन अलर्ट जारी किया है वहीं मध्रबनी और दरभंगा जिले में अगले एक से दो घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की गयी है वजपात की आशंका को देखते हुए आपदा विभाग ने अररिया किशनगंज मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पश्चिम चंपारण में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है नेपाल के तराई इलाकों और प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है कमला और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है दरभंगा के निचले इलाकों में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं पूर्णिया में महानंदा नदी और अररिया में परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इधर जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से बचाव के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कोषांग और सहायता केन्द्र का गठन किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है बिहार के शिव मंदिरों में नहीं लगेंगे श्रावणी मेले बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद और सूचनाओं के आदान प्रदान की खबर को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है बाढ़ से बचाव के लिए बना सहायता केन्द्र दैनिक भास्कर ने बिहार विधानसभा चुनाव की खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है आयोग ने मांगी रिपोर्ट कोरोना की हालात में कैसे होगा विधानसभा चुनाव प्रभात खबर की सुर्खी है विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की तैयारी शुरू सीएम से मिले भूपेन्द्र यादव सुशील मोदी और डॉक्टर संजय आज अखबार लिखता है बिहार सरकार का दावा जल जमाव के कारण नहीं डूबेगा पटना

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार से अधिक